राफेल रक्षा सौदे मामले पर भाजपा ने प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन कांग्रेस ने इस मामले में प्रंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का केन्द्र पर लगाया आरोप

केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा चंबा के गरनोटा में द्वांसफॉर्मिंग इंडिया पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जयराम ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम को केन्द्र सरकार के संयुक्त उपक्रम का दर्जा यथावत और प्रदेश के लोगों के हित में राज्य सरकार के हिस्से को बनाए रखने का प्रधानमंत्री से आग्रह किया इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके संसद स्थित कार्यालय में भेंट की जयराम ठाकुर ने आयुष्मान भारत और एम्स सहित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं पर उनसे चर्चा की इस मौके पर सांसद शांता कुमार वीरेन्द्र कश्यप और राम स्वरूप शर्मा के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी भी मौजूद रहे राफेल भाजपा राफेल रक्षा सौदे मामले पर भाजपा ने आज प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन आयोजित कर उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे शिमला में जिला भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं द्वारा राफेल मुद्दे पर किए गए दुष्प्रचार के विरोध में अध्यक्ष संजय सूद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व उनके नेताओं के झूठ का पर्दाफाश हुआ है सतपाल सत्ती ने कहा कि राहुल गांधी केवल जनता को गुमराह करने की बयानबाजी करते हैं कुल्लू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ने खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा

जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला बाद में पत्रकारों से बातचीत में जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि जब तक राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते इस तरह के धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्मल की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया धूमल ने कहा कि राफेल डील देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी डील है और इसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न होने की क्लीन चिट भी मिल चुकी है सोलन और चंबा ज़िला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ रैली निकाली इस मौके उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राफेल डील पर जनता को गुमराह किया है जो निंदनीय है मनप्रीत बादल वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राफेल डील मामले में केन्द्र सरकार पर देश की सुरक्षा को कमजोर करने और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेता व पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि मोदी सरकार राफेल खरीद पर जनता को गुमराह कर रही है

उन्होंने राफेल खरीद मामले में एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति की जांच की वकालत की

आज सुबह मनाली के आस पास ब्यास नदी के तटीय क्षेत्रों का दौरा करने के बाद महेन्द्र सिंह ठाक्र ने बताया कि ये धनराशि कुल्लू मनाली क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर खर्च की जाएगी उन्होंने निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग का जायजा लिया और बीआरओ और सुरंग निर्माण के कार्यो में लगी कम्पनी के अधिकारियों के साथ चर्चा की इस दौरान वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता और विस्तार के साथ साथ नैतिकता का समावेश बेहद ज़रूरी है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला रोहडू के वार्षिक समारोह में ये बात कही

उन्होंने नशा निवारण के लिए व्यापक अभियान शुरू करने का युवाओं से आहवान किया

इस दौरान अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत कई विभूतियों को भी नवाजा गया नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसद वीरेन्द्र कश्यप को अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति का सदस्य नियुक्त किया है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे सहकारी सभाएं मजबूत होंगी और युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे राजीव सहजल ने कहा कि ज़िले में लोगों के लिए स्वास्थ्य बिजली पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी सौहार्दपूर्ण ढंग से जनसमस्याओं का निपटारा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस बीच राजीव सहजल ने सोलन में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा आयोजित स्वच्छता पखवाड़े व रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया जागरूकता कार्यक्रम केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा चंबा जिला प्रशासन के सहयोग से द्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गरनोटा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया भटियात के एसडीएम बच्चन सिंह ने कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में लोगों को संबोधित करते हुए केन्द्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी फील्ड आउटरीच ब्यूरो जालंधर के उपनिदेशक प्रीतम सिंह ने लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने का आहवान किया कार्यक्रम के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उज्जवला और आयुष्मान भारत योजना के बारे विस्तृत जानकारी दी

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के झिकली ठेहड़ में हारचक्कियां लपियाणा पेयजल योजना के सुधारीकरण कार्य की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में ये जानकारी दी

सरवीण चौधरी ने सभी योजनाओं को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत्त है ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटला कलां के वार्षिक समारोह में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने संस्कारयुक्त शिक्षा को मौजूदा समय की जरूरत बताया वीरेंद्र कंवर ने सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जैसी समस्याओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आने का आहवान किया इस मौके उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया अनुराग ठाकुर लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर झूठ को बढ़ावा देने व तथ्यों से छेड़छाड़ कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र में भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ देश के विकास को गति देने का काम किया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार वायदों को पूरा करना जानती है

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने वन विभाग की तीन दिवसीय राज्यस्तरीय खेलकूद व डियूटी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आज कुल्लू में ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश की अमूल्य धरोहर की रक्षा के साथ साथ वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं

गददी हिमाचल गद्दी यूनियन ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से दोनों बड़ी राजनैतिक पार्टियों से गद्दी समुदाय का प्रत्याशी उतारने का आग्रह किया है